प्रदेश में विधानसभा चूनाव के लिये आज नामांकन का आखिरी दिन है दोपहर तीन बजे तक नामांकन भरे जा सके गे आज कई दिग्गज नेता अपनी उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल कर रहे है पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत सरदारपुरा से सचिन पायलट टोंक से बीडी कल्ला बीकानेर पश्चिम से और मानवेन्द्र सिंह झालरापाटन से अपने नामांकन पत्र भर रहे है

भाजपा सरकार में मंत्री राजपाल सिंह शेखावत और कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुई कल्पना देवी तथा ममता शर्मा भी आज ही नामांकन भर रहे है इधर भाजपा और कांग्रेस द्वारा उम्मीदवारों की घोषणा के बाद कई सीटों पर टिकिट नहीं मिलने से नाराज पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में रोष है वहीं क्रछ लोगों ने निर्दलीय चुनाव लडने का ऐलान कर दिया है और वे भी आज नामांकन दाखिल कर रहे है

भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिये अपने शेष उम्मीदवारों की पांचवी और अंतिम सूची आज जारी कर दी है सुची में आठ नाम शामिल है

टोंक से अजीत सिंह मेहता की जगह यूनुस खान को और खेरवाडा से शंकर लाल खराडी की जगह नानालाल आहारी को मैदान में उतारा गया है शेष छह सीटों कोटपूतली पर मुकेश गोयल बहरोड से मोहित यादव करौली से ओ पी सैनी केकडी से राजेन्द्र विनायक डीडवाना से जितेन्द्र सिंह जोधा और खींवसर से रामचन्द्र उट्टा को प्रत्याशी बनाया गया है

कल्पना देवी को कोटा की लाडपुरा सीट से वहीं ममता शर्मा को पीपलदा से मैदान में उतारा गया है सांगानेर सीट से भोजपा ने अशोक लाहोटी को मैदान में खडा किया है इधर कांग्रेस ने कल देर रात ही अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी

पांच सीटें सहयोगी दलों के लिए छोडी है पार्टी उम्मीदवार घोषित करने के साथ ही भाजपा ने प्रचार पर अब अपना जोर लगा दिया है पार्टी ने हाईटेक प्रचार के लिये चुनावी रथ मैदान में उतारे है आज भाजपा मुख्यालय में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राज्य में चुनाव प्रभारी प्रकाश जावडेकर और प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी ने हरी ईझण्डी दिखाकर इन रथों को रवाना किया इस अवसर पर प्रकाश जावडेकर ने कहा कि उनकी पार्टी दोबारा सत्ता में वापसी करेगी

इधर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने जोधपूर में नामांकन दाखिल करने से पहले कहा कि कांग्रेस में अब नई पीढ़ी का वक्त आ गया है ै पुराने लोगों को पार्टी में अब मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए भाजपा ने टोंक से अपने पूर्व घोषित उम्मीदवार अजीत सिंह मेहता को बदलकर अब यूनुस खान को मैदान में उतारा है इस सीट पर उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट से होगा दोनो ही नेता आज अपना नामांकन दाखिल कर रहे है

इघर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और टोंक से पार्टी उम्मीदवार संचिन पायलट ने विश्वास जताया कि प्रदेश में कांग्रेस की लहर है और उन्हें जनता का आशिर्वाद मिलेगा

जीप चालक दल को राशि के बारे में कोई संतोषजनक जबाव नहीं दे पाया जिससे वह राशि जब्त कर ली गई आज से देशमर में कौमी एकता सप्ताह मनाया जा रहा है इसका उद्देश्य सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय अखंडता की भावना को मजबूत करना है इस सप्ताह का आयोजन देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को सुरक्षित रखने का संकल्प लेने के उद्देश्य से किया जाता है

बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आज से भारत और अमरीका का संयुक्त युद्वाभ्यास वज प्रहार शुरू हो रहा है ये युद्वाभ्यास सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया जा रहा है